इस टैंक का निर्माण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने किया है इससे पहले श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल के पहले चरण के विस्तार का भी उद्घाटन किया मेट्रो रेल का यह चरण तीन हजार सात सौ सत्तर करोड़ रूपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है

श्री मोदी ने आईआईटी मद्रास में डिस्कवरी परिसर की आधारशिला भी रखी

करीब दो लाख वर्ग मीटर क्षेत्र के निर्माण के पहले चरण में करीब एक हजार करोड़ रूपए की लागत अनुमानित है सीएम रैनबसेरा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य में किसी को बेसहारा नहीं रहने दिया जाएगा इंदौर में श्री चौहान ने कहा कि सभी नगरीय निकायों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर परिवार को छत जरूर मिले मुख्यमंत्री ने इंदौर के सुखालिया और झाबुआ टावर स्थित रैन बसेरा में औचक निरीक्षण के दौरान यह बात कही उन्होंने रैन बसेरा में विभिन्न प्रांतों से आये मुसाफिरों से चर्चा कर यहाँ मिलने वाले भोजन एवं अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली

शनिवार को इसी प्रोजेक्ट के तहत वेबिनार के माध्यम से महिला सुरक्षा के लिए जनता को जागरूक किया गया कलेक्टर मनीष सिंह ने वेबिनार में उपस्थित सदस्यों को संबोधित करते हुये कहा कि यदि जिले में कहीं भी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ जैसी घटना हो रही है तो ऐसे प्रकरण प्रषासन तक अवश्य पहुंचाये जिला प्रशासन पूरी संवेदनशीलता के साथ ऐसी शिकायतों का निराकरण कर महिलाओं के लिये जिले में भयमुक्त वातावरण का निर्माण करेगा इससे आम जनता तक यह संदेश भी पहुंचेगा कि किसी भी प्रकार की गलत हरकत होने पर प्रशासन द्वारा कड़ी कार्यवाही की जायेगी उच्च शिक्षा उच्च शिक्षा विभाग ने मौजूदा सत्र में सीएलसी छठवें चरण की प्रक्रिया के अन्तर्गत दस्तावेज जमा करने के लिये अंतिम तिथि में वृद्धि की है

इस अदालत में नागरिकों ने स्ट्रीट लाइट पेयजल आपूर्ति और अन्य मूलभूत सुविधाओं को लेकर गुहार लगायी थी

वेबिनार में ब्लॉक पंधाना और खलावा के युवाओं को ऑनलाइन जोड़ा गया